प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पैंमेंटस बैंक का करेंगे शुभारम्म सितम्बर माह के पहले सप्ताह में बैंकिंग गतिविधियां बिना व्यवधान के रहेंगी जारी

पिछले कई सालों से स्थायी नीति की मांग कर रहे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ा झटका दिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में आज प्रश्नकाल में कहा कि कानूनी अड़चनों के कारण आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को सरकारी दायरे में नहीं लाया जा सकता मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय की जजमेंट के तहत आउटसोर्स कर्मचारी नियमित नहीं किए जा सकते जयराम ठाकुर ने बताया कि सरकारी कार्य के संचालन के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्त करने का प्रावधान है मगर इन्हें नियमित करने के लिए नीति नहीं लाई जा सकती इस संदर्भ में पूर्व की कांग्रेस सरकार ने नीति बनाने की घोषणा की थी उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व सरकार ही ऐसी घोषणा कर सकती है जिसे अमलीजामा न पहनाया जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ऐसी झूठी व गुमराह करने वाली घोषणा में यकीन नहीं रखती मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्तियोँ में रोस्टर प्रकिया का कोई प्रावधान नहीं है और केवल सरकारी कर्मचारियों की मर्ती में ही रोस्टर का अनुसरण होता है

हालांकि मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण नहीं होने देगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन्हें समय पर वेतन मिले वेतन देने में देरी करने वाली कंपनियों को इस बाबत सख्त निर्देश दिए जाएंगे

कांग्रेस के इंद्रदत्त लखनपाल द्वारा मेलों को दी जाने वाली राशि पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हिमाचल की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए मेलों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दे रही है

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि विवेकानंद मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट पालमप्र के अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है ट्रस्ट द्वारा सरकार से लीज पर मिली भूमि को किसी भी निजी संस्थान को ट्रांस्फर नहीं किया गया है ट्रस्ट के अधीन कायाकल्प एक संस्थान है जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्वति से आम लोगों को सेवा प्रदान कर रहा है माकपा के राकेश सिंघा के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि विवेकानंद मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट में योग के माध्यम से रोगों का ईलाज किया जाता है

इससे पहले कांग्रेस के आशीष बुटेल ने भी ट्रस्ट के संबंध में अनुपूरक सवाल किया भाजपा के नरेंद्र ठाकुर ने हमीरपुर व सुजानपुर में सीरवेज योजना का मामला उठाया

उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में इस सीवरेज योजना के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है

कांग्रेस के रामलाल ठाकुर ने स्कूलों में पैविलियन व स्टेडियम का मामला उठाया

बिलासपुर सोलन और मंडी जिले इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं

स्वास्थ्य मंत्री ने दावा कि डेंगू के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग सरकार द्वारा सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं

इससे पहले चर्चा की शुरूआत करते हुए भाजपा के राकेश कुमार ने सुंदरनगर हल्के के डैहर में डेंगू के बढ़ते मामलों का उल्लेख किया उन्होंने कहा कि बरोटी जामला और डैहर पंचायतों में डेंगू का जबरदस्त प्रकोप है और अब यह बीमारी सुंदरनगर शहर की ओर बढ़ रही है उन्होंने सरकार से इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सार्थक कदम उठाने का अनुरोध किया

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि सत्र में दो विधेयक पारित किए गए

राजीव बिंदल ने कहा कि छोटा सत्र होने के बावजूद यह अत्यंत महत्वपूर्ण रहा उन्होंने सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्तापक्ष व विपक्ष के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया सदन की बैठक खत्म होने से पहले मुख्यमंत्री व सदन के नेता जयराम ठाकुर ने भी सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए पक्ष और विपक्ष का धन्यवाद किया उन्होंने कहा कि सदन में नियमों के मुताबिक चर्चाए हुईं और विपक्ष ने अपनी भूमिका को सार्थक करने का पूरा प्रयास किया विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मानसून सत्र बेशक छोटा रहा लेकिन इसका एजेंडा बड़ा था उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान नशे का मुद्दा भी उठा जो कि सामाजिक मसला बन गया है अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष नशे का कारोबार करने वालों के विरूद्व ठोस कानून बनाने का पक्षघर है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जनमंच प्रदेश सरकार का एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का घर द्वार पर समाधान करना है मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में जनमंच की तैयारियों पर संतोष जताते हुए कहा कि इसे लेकर लोगों में भारी उत्साह है उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग द्वारा लोगों को अब बैंकिंग सुविधा भी प्रदान की जाएगी आपका बैंक आपके द्वार की परिकल्पना को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल पहली सितम्बर को दिल्ली में डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पैमेंट्स बैंक का शुभारम्भ करेंगे इसी दिन सांसद शांता कुमार धर्मशाला में इंडिया पोस्ट पैमेंटस बैंक के जिलास्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे धर्मशाला मण्डल के अधीक्षक डाकघर सोमदत्त राणा ने ये जानकारी दी सोलन मण्डल के अधीक्षक डाकघर हेमशंकर ने बताया कि पहली सितम्बर को सोलन शाखा का सांसद वीरेन्द्र कश्यप और सिरमौर जिले की नाहन शाखा का शुभारम्भ सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल करेंगे रिकांगपिओ में सांसद रामस्वरूप शर्मा जबकि ऊना में सांसद अनुराग ठाकुर इंडिया पोस्ट पैमेंटस बैंक सुविधा का शुभारम्म करेंगे

इसमें विभाग द्वारा वर्ष भर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है

जयराम ठाकर ने कहा कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री ने विभाग की उपलब्धियों पर आधारित एक प्रस्तिका का विमोचन भी किया युवा सेवाएं व खेलमंत्री गोविंद ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहे मेंट इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट की

बैं क सितम्बर माह के पहले सप्ताह में देशभर में सभी बैंक खुले रहेंगे और बैंकिंग गतिविधियां बिना व्यवधान के जारी रहेंगी

इस दिन नैगोशियबल इंस्ट्रमेंट एक्ट के तहत केवल कुछ ही राज्यों में बैंक बंद रहेंगे बैंको को एटीएम में पर्याप्त मात्रा में नकदी रखने को कहा गया है रामस्वरूप शर्मा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने रिकांगपिओ में आज विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की एक बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की समीक्षा की इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से जनजातीय जिले किन्नौर में केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कृतसंकल्प है और इसके लिए धन की कमी आड़े नही आने दी जाएगी विक्रम उद्योग व तकनीकी शिक्षा मंत्री विक्रम ठाकुर ने युवाओं से नशे के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान आरम्भ करने का आग्रह किया है प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में कल शाम एक समारोह में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे जैसी बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है विक्रम ठाकुर ने कहा कि युवा नशा सेवन की प्रवृत्ति को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं